प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजटिल इंडिया ग्रामीण स्तर के व्यवसायियों का समूह तैयार कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लाभार्थियों से बात करते हए उन्होंने कहा कि एक बेहतर और नए भारत के लिए यह कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षर होना जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार साल में एनडीए सरकार ने डिजिटल इंडिया के हर पहलू पर काम किया है उन्होंने कहा कि डिजीटल् इंडिया कार्यक्रम इस लक्ष्य को ध्यान मे रखकर शुरू किया गया कि लोग विशेषकर ग्रामीण तकनीक में अधिक से अधिक लाभांवित हो सके श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह अश्वस्त किया है कि तकनीक का लाभ सिर्फ कृछ ही लोगों तक सीमित न रह जाए उन्होंने कहा कि भारत आम सेवा केंद्रों से बदल रहा है और सरकार ने आम सेवा केंद्रों के प्रसार को मजबूत किया है उन्होंने कहा कि आम लोगों की स्विधा के लिए दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में तीन लाख संय्क्त सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं उपयोगिता बिल रेलवे टिकट ब्किंगबैंक सेवाओं पेंशन सेवाओं आदि के लिए विभिन्न डिजिटल सेवाएं मोहय़या करवाई जा रही हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शिय बनाते हए पिछले चार साल में डिजिटल अदायगियों में काफी बढौतरी हई है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से बीपीओ सेक्टर में भी काफी बदलाव आ रहा है उन्होंने कहा कि पहले ये सिर्फ बडे शहरों में थापर अब छोटे शहरों में भी बीपीओ रोजगार के मौके दे रहे हैं इससे य्वाओं का बडे शहरों में स्थानांतरण रुक गया है हरियाणा में जल्द ही हरियाणा मत्सय संसाधन विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा ताकि किसानों की आय कम से कम एक लाख प्रति एकड़ की जा सके इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैरी एग्रीकल्चर अवधारणा को लागू किया है

उन्होंने कहा कि खाली पड़ी इस भूमि का सदउपयोग हो सकेगा और किसानों का रूझान मत्स्य पालन की ओर बढऩे से हरियाणा देश में नीली क्रांति लाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकेगा

पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि धूल के कारण जो धूंध जैसा वातावरण बना हआ है वोह एक दो दिन में सामान्य हो जायेगा उन्होंने कहा कि राज्स्थान से जो ध्ल भरी आंधी चली थी उसी कारण हवा में प्रद्षण बढ़ा है उन्होंने लोगों से अपील कि जहां तक हो सके घरों से कम बाहर निकले पर्यावरण मंत्रालय कार्ययोजना की टास्क फोर्स और केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड से मुलाकात करके सिफारिश की है निर्माण समबधी सर्तकता नियमों को त्रंत से लागू करवाया जाये

मौसम विभाग विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक आंनद शर्मा ने कहा कि आसमान में छाई धूल के क्छ लाभ भी है

अम्बाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम प्रवीण गौड़ ने बताया कि यात्रियों की स्विधा के लिए रेलवे दवारा सहारन ब्यास सहारनप्र अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी चलाई जायेगी

वापिस एक ज्लाई को ये गाड़ी साय साढे चार बजे ब्यास से चलकर रात नौ बजकर चालीस मिनट पर अम्बाला छावनी और रात ग्यारह बजकर दस मिनट पर सहारनप्र पहंचेगी हरियाणा परिवहन विभाग बसों का निरीक्षण बढ़ाकर बिना टिकट सवार पर रोक लगाई जायेगी भिवानी के एसडीएम एवं हरियाणा रोड़वेज परिवहन विभाग भिवानी डिपो के महाप्रबंधक सतीश क्मार ने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई के लिए बसों की निरीक्षण बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई है उन्होंने कहा कि जो भी यात्री बिना टिकट मिले उनके खिलाफ न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी

इसके अलावा संचार नेविगेशन और निगरानी कार्य भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण दवारा किया जायेगा

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पदोन्नति दवारा भरे जाने वाले विभागाध्यक्ष के पदों के लिए तीन वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने का निर्णय लिया है सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल प्रा होने के उपरांत इस पद पर निय्क्ति के लिए फीडर पोस्ट पर कार्यरत अधिकारी अगले पात्र की नियुक्ति के बारे विचार किया जाएगा और पदोन्नति के लिए उपय्क्त होने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ आवश्यक छूट देकर उसे समय पूर्व भी पदोन्नत किया जा सकता है उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान विभागाध्यक्ष को दो बार तीन वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है वित्तमंत्रालय की अधिसूचना के अन्सार ग्स्ताख व्यापारियों द्वारा खपतकार कल्याण निधि में जमा करवाया पैसा केन्द्र और सम्बधित राज्यों में बराबार भागों में बांटा जायेगा सरकार ने उपभोक्ताओ को कर कम होने का लाभ स्थानातरित न करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दण्डित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय म्नाफाखोरों विरोधी प्राधिकरण स्थापित किया है किसी कारणवंश अगर ग्राहक पहचान योग्य नहीं है तो दंड राशि को उपभोक्ता कल्याण निधि मे जमा करवाया जायेगा

सम्बधित राज्यों का मतलब है कि जिस राज्य के प्राधिकरण ने व्यापारिक समूह आदेश जारी किए हो हरियाणा के डेढ़ लाख किसानों को सौलर पम्प दिये जाएंगे ताकि उन्हें खेती करने मे कोई परेशानी ना हो तथा प्रदेश की सभी पीएचसी व आंगनवाड़ी केन्द्रो में अक्तूबर माह तक सौलर लाईटे लगवाई जाएंगी

हरियाणा के मुख्य सचिव डी एस ढेसी ने आधिकारियों को जिला जींद ग्रूग्राम भिवानी के मेडिकल कालेज एवं नूहं के डेंटल कालेज की कार्यक योजना को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए है

सम्मान समारोह का आयोजन संकल्प संस्था दवारा किया गया था